प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सशक्त् सुरक्षित विकसित और समावेशी राष्ट्रं के सपने को पूरा करने के लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ मिलकर काम करना होगा लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत वर्षो बाद देश की जनता ने एक तरफा मतदान करके एनडीए सरकार को दोबारा चुना है उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों ने यह दिखा दिया है कि जनता अपने निजी हितों की तुलना में देश की भलाई के बारे में अधिक सोचती है और यह भावना प्रशंसनीय है श्री मोदी ने कहा कि सरकार अपने मुख्य लक्ष्य से भटकेगी नहीं सरकार आधारभूत ढ़ांचे और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ी है प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में छात्रवृत्ति के भुगतान में कुछ देरी हुई थी कल लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गहलोत ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं को नया रूप दिया जा रहा है

ऐसी योजनाओं में अब केन्द्र का हिस्सा मामूली रह गया है इसलिए अब इन योजनाओं में धन के प्रारूप में बदलाव किया जा रहा है ताकि राज्यों पर आर्थिक बोझ कम किया जा सके मुख्यमंत्री बिजली मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान से ही विद्युत कर्मियों की समस्याओं का हल संभव है विद्युत कर्मी बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ निरंतर उपलब्ध करवाएं सरकार उनके हितों का पूरा संरक्षण करेगी श्री कमलनाथ कल भोपाल में मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इंप्लाईज और इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे उन्होंने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिले इसके लिए सभी विद्युत वितरण कंपनियों के कर्मचारी समर्पण के साथ काम करें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

कॉरीडोर नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि भोपाल में सार्वजनिक परिवहन से जुड़े बीआरटीएस कॉरिडोर की व्यवस्था बरकरार रखने के मुद्दे पर विशेषज्ञों के दल ने परीक्षण करने के बाद चार माह का समय और मांगा है इस व्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी उन्होंने कल भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजधानी की बड़ी झील के जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले की जांच करायी जा रही है इस संबंध में नगर निगम और भोपाल जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी मीसाबंदी सम्मेलन लोकतंत्र सेनानी संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आज भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया जायेगा इस सम्मेलन को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे सम्मेलन में लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद कैलाश सोनी विशिष्ट अतिथि के रूप उपस्थित रहेंगे लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक ने बताया कि मीसाबंदियों के सम्मेलन में प्रदेश भर के लोकतंत्र सेनानी शामिल होंगे पुलिस सेमीनार राजधानी भोपाल में पुलिस अधिकारियों की राज्य स्तरीय दो दिवसीय सेमीनार आज से पुराने विधानसभा भवन के मिण्टो हॉल में आयोजित किया जायेगा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम सेमीनार का उद्घाटन करेंगे पुलिस मुख्यालय की पहल पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्गो के प्रति संवेदनशीलता विषय पर आयोजित इस सेमीनार में निरीक्षक से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ कल इस सेमीनार का समापन करेंगे स्पेशल ट्रेन रेल प्रशासन ने भोपाल मण्डल के हबीबगंज स्टेशन से प्रांरभ होने वाली हबीबगंज धारवाड़ हबीबगंज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के चलने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है

मौसम प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के बाद कल इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई

वहीं धार रतलाम अलीराजपुर बड़वानी झाबुआ इन्दौर सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग के मुताबिक अनुकूल परिस्थितियों की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है

इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है

इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वोक्स ने दो विकेट लिए आज बर्मिघम में न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा भारत अपना अगला मैच गुरूवार को मैनचिस्टर में वेस्ट इंडीज के साथ खेलेगा

वे इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे